राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पच्चीस हजार से अधिक हो गयी है जबकि पंद्रह हजार सात सौ से अधिक लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है लोहरदगा में आज कोरोना संक्रमित सताईस नये मरीज मिले इनमें सत्रह पुरुष और दस महिलाएं शामिल हैं इधर दो दिन पहले गुमला मंडल कारा से रिलीज हुए एक कैदी की करोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने सभी कैदियों के कोरोना वायरस जांच का निर्णय लिया है इस कम में आज चार सौ छियानब्बे लोगों का सैंपल एकत्र किया गया है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्या पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा उन्होंने कहा कि इससे युवाओं की लम्बे समय से की जा रही मांग पूरी होगी

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से होम क्वारंटाइन हो गये हैं इस कारण मुख्यमंत्री के पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिए गए हैं श्री सोरेन को आजीविका संवर्धन हनर अभियान के शुभारंभ और पलाश ब्रांड के अनावरण एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होना था श्री सोरेन कल दुमका में भी एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है बोकारो जिले के पिंद्राजोरा स्थित पर्यटन विभाग के जायका रिसोर्ट को आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा जिले के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जायका रिसोर्ट का आज निरीक्षण किया उपायुक्त ने बताया कि इस रिसोर्ट में काफी सुविधाएं हैं और इसको आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित करने के लिए पर्यटन विभाग को पत्र लिखा गया है उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल तक इस रिसोर्ट का इस्तेमाल कोविड अस्पताल के रूप में किया जाएगा यहां इलाजरत मरीजों को पैसे देने पड़ेंगे

इस दौरान कई दुकानदारों सहित आम लोगों ने भी कोरोना टेस्ट करवाया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

ये वैन सेवा रांची और खूंटी के अलावा अहमदाबाद इलाहाबाद बेंगलुरू भोपाल चेन्नई कोयंबटूर दिल्ली ग्रवाहाटी हैदराबाद जगदलपुर तथा मुंबई समेत अन्य शहरों में शुरु की गयी श्री मुंडा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आदिवासी समाज का जीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है वैन सेवा की शुरुआत से आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा आदिवासी उत्पाद बनाने में स्थानीय संसाधन का इस्तेमाल होता है इससे भी स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा उन्होंने कहा कि ये वैन सेवा आधुनिक जीवन शैली में आदिवासी समाज को निकट लाने में मदद करेगी और शहरी लोगों को प्राकृतिक रुप से शुद्ध उत्पाद मिल सकेंगे हजारीबाग जिला में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर अभियान चल रहा है इस अभियान के तहत दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के अलावा बुजुर्गो को फाइलेरिया उन्मूलन की दवा दी जा रही है

सेविकाओं द्वारा नवजात बच्चों के माता से कहा गया कि वे अपने बच्चों को केंद्र पर महीने में एक बार मुफ्त में टीका दिलायें टीका लगने से बच्चों में छह जानलेवा बीमारी टिटनस काली खांसी कुकुर खांसी पीलिया और टीबी जैसे रोगों से बचाव होगा इस दौरान गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बच्चीयों को आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने और अपने खानपान में हरी साग सब्जी दूध फल और दाल का सेवन करने की सलाह दी गयी पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाटगम्हरिया प्रखंड में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उदघाटन आज सांसद गीता कोड़ा और विधायक दीपक बिरुवा ने किया उदघाटन के बाद सांसद और विधायक द्वारा केंद्र परिसर में पौधरोपण भी किया गया उदघाटन कार्यक्रम के बाद विधायक दीपक बिरुवा ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया विधायक ने सिविल सर्जन को इस भवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश भी दिया देवघर साइबर थाना की पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का प्रयास करने वाले नौ साइबर अपराधियों को र्गिरफ्तार किया है देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पाथरौल थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव में साइबर अपराधियों द्वारा केवाईसी अपडेट एवं अन्य चीजों को लेकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के ठगने की जानकारी पुलिस को मिली थी जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित करते हुए पाथरौल थाना क्षेत्र के लख्खीपुर पथरा और लेड़वा गांव में छापेमारी कर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

इधर पलामू जिले की पुलिस र्न धोखे से एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले इंटर स्टेट गिरोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से सात एटीएम कार्ड दो मोबाईल फोन ड्राईविंग लाईसेंस गाड़ी का ऑनर बुक पर्स मोटरसाईकिल और तीन हजार रूपये नकद बरामद किये गये हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज लातेहार जिले के बालूमाथ से बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका लीला कमारी को दस हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया आरोपी पर्यवेक्षिका एक आंगनबार्डी सेविका से मानदेय दिलवाने के नाम पर दस हजार रुपए रिश्वत ले रही थी एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि महिला पर्यवेक्षिका ने सेविका से मानदेय भूगतान के लिए बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी इसकी शिकायत आंगनबाड़ी सेविका के पति ने पलामू एसीबी से की एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद आरोप को सही पाया जिसके बाद आज पर्यवेक्षिका को दस हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ़तार कर लिया राज्यभर के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो रही है

घटना के बाद से आरोपी पति फरार है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है